तीन दिन के इस वर्चुअल सम्मेलन का विषय है पुनः प्रवर्तक बनें भारत और बेहतर नया विश्व

प्रशासन की ओर से जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन पाठ्यक्रमों को हटाए जाने की कुछ समाचार माध्यमों में खबरें आ रही हैं उन्हें या तो संशोधित पाठ्यक्रम में या एनसीईआरटी के वैकल्पिक कैलेण्डर में शामिल किया जा रहा है

प्रदेश में राज्य सरकार ने संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट को मंजूरी दे दी है

मौसम विभाग ने आज पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई है वहीं मानूसन रेखा के अब हिमालय की तरफ उत्तर दिशा में खिसकने के कारण राज्य में अगले तीन चार दिन में वर्षा में कमी आएगी

इसलिए स्वयं की सुरक्षा और आमजन की रक्षा के लिए मास्क पहनें सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से दो गज की दूरी बनाए रखें कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं बार बार हाथ धोएं यहां वहां नहीं थूके और बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकले और अफवाहों पर ध्यान न दें